विश्व रेडियो दिवस आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रेडियो को बताया संचार का सशक्त माध्यम विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा विधानसभा के बजट सत्र में महंगाई सहित अन्य मुददों को प्रमुखता से उठाएगी कांग्रेस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

विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार चंबा विधानसभा क्षेत्र के हरिपुर जबकि सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के झंगड़ियाणी में जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज सोलन ज़िले के ममलीग और शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर मनाली विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल बाशिंग में जनसुनवाई करेंगे कांगड़ा ज़िले में देहरा क्षेत्र के बनखंडी में स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल जबकि ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी बिलासपुर जिले में नैनादेवी क्षेत्र के बस्सी में जनमंच कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे मंडी जिले के रिवाल्सर में होने वाले जनमंच कार्यक्रम में वन मंत्री राकेश पठानिया और ऊना जिले में चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के किन्नू में खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग लोगों की समस्याएं सुनेंगे इसी प्रकार विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज पावंटा साहिब क्षेत्र के गोरखुवाला जबकि शिमला ग्रामीण क्षेत्र की करियाली पंचायत में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सत्तपाल सत्ती जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे विश्व रेडियो दिवस आज विश्व रेडियो दिवस है

इस साल के विश्व रेडियो दिवस का विषय है नई दुनिया नया रेडियो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड़ ने विश्व रेडियो दिवस पर कहा कि रेडियो संचार का एक लोकप्रिय माध्यम होने के साथ ही सुचना और मनोरंजन का भी एक प्रमुख स्रोत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रेडियो सकारात्मक रूप से लोगों को प्रभावित करने का एक अच्छा माध्यम है टवीट संदेश में प्रधानमंत्री ने रेडियो के सभी श्रोताओं को श्रभकामनायें दी हैं सुचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावेडकर ने विश्व रेडियो दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दी हैं जावेडकर ने कहा कि रेडियो का लगातार विस्तार हो रहा है

उन्होंने आज शिमला से कालका तक परिवार सहित रेलकार के माध्यम से सफर किया और बड़ोग रेलवे स्टेशन का जायजा भी लिया राज्यपाल ने कहा कि शिमला कालका रेलवे लाइन अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है और इसके माध्यम से राज्य में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा बिक्रम ठाक्र उद्योग मंत्री बिक्रम ठाक्र ने आज कांगड़ा ज़िले के डाडासीबा में जनस्नवाई की उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंडित दीन दयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचार को लेकर काम कर रही है उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं के निपटारे को सरकार ने प्राथमिकता दी है और जनमंच कार्यक्रम सहित मुख्यमंत्री हैल्प लाइन सेवा शुरू की गई है अग्निहोत्री विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि विधानसभा के आगामी बजट सत्र में कांग्रेस पार्टी महंगाई सहित प्रदेशहित से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी राज्य सरकार के तीन वर्ष के कार्यकाल को असफल बताते हुए उन्होंने कहा कि महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है और कोरोना काल में हर वर्ग को नुकसान उठाना पड़ा है अग्निहोत्री ने कोरोना महामारी को देखते हए राज्य सरकार से बिजली के बिलों में उपभोक्ताओं को राहत देने की मांग की है उन्होंने कहा कि स्कूल फीस पर भी सरकार को कोई स्पष्ट फैसला लेना चाहिए

स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना महामारी को देखते हुए पोलियो खुराक पिलाने के लिए विशेष प्रबंध किए हैं और प्रशासन द्वारा इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं पोलियो की दवा पिलाने के लिए जो भी लोग बच्चों के साथ पोलियो केन्द्र पर आएंगे उन्हें दो गज की दूरी बनाए रखना और मास्क पहनना जरूरी होगा जुकारू उत्सव मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने चंबा ज़िले में पांगी घाटी के जुकारू मेले के अवसर पर प्रदेशवासियों विशेष कर पांगी के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने कहा कि मेले व त्योहार हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं और इनसे आपसी भाईचारा बढ़ता है भरमौर के विधायक जियालाल ने भी क्षेत्रवासियों को जुकारू मेले की शुभकामनाएं दी हैं इस बीच लाहौल स्पीति ज़िले की पट्टन घाटी में साल का सबसे बड़ा त्योहार फागली उत्सव ध्मधाम से मनाया जा रहा है उत्सव के दौरान लोग एक स्थान पर इकट्ठा होकर भूमि पूजन करते हैं और प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा की दुआ मांगते हैं राकेश पठानिया युवा सेवाएं व खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में दो दो आउटडोर खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे धर्मशाला में आज राज्य एथेलैटिक्स प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने युवा शक्ति को खेलों व सामाजिक सेवाओं से जोड़ कर राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनाया है

बैठक की अध्यक्षता प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप करेंगे जबकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड़डा व मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम क्मार ध्रमल शांता क्मार केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना और सह प्रभारी संजय टंडन कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे भाजपा के प्रदेश महासचिव त्रिलोक जम्वाल ने बताया कि बैठक में पार्टी की आगामी रणनीति बनाई जाएगी एपीएमसी कृषि उत्पाद विपणन समिति हमीरपुर के अध्यक्ष अजय शर्मा ने कांग्रेस पार्टी पर नए कृषि सुधार कानूनों को लेकर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है उन्होंने कहा कि केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने संसद में पुरजोर ढंग से कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश किया है उन्होंने कहा कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए तथ्यों को तोड़मरोड़ कर पेश करने का प्रयास किया जा रहा है